उन्होने बताया कि सभी व्यापारिक और निजी प्रतिष्ठान भी बंद रखे जाएंगे केवल बैंक और एटीएम प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया स्वास्थ्य केन्द्र और इंटरनेट तथा प्रसारण सेवा स्चारू रुप से चलती रहेगी इधर राज्य में कल कोरोना संक्रमण के सात नये मामले दर्ज किये गये है राज्य में कोविड संक्रमण से सक्रिय मामलो की संख्या एक सौ बयासी हो गई है जबकि छिहत्तर मरीज अबतक स्वस्थ हो च्के है प्रदेश में कोविड संक्रमण की जांच के लिए अबतक छब्बीस हजार से ज्यादा सैंपल लिये जा च्के है

श्री मोदी ने कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिये देश में कृषि अन्संधान विस्तार और शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की उन्होंने निर्देश दिया कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग स्निश्चित करने के लिए स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए श्री मोदी ने किसानों को उनकी जरूरत के अन्सार सूचना उपलब्ध कराने में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व की चर्चा की प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हर साल हैकेथॉन यानि लंबी कार्यशाला या शिविर आयोजित किये जाने चाहिए और खेती के काम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ऐसे औजार और उपकरण तैयार किये जाने चाहिए जिनसे उनका परिश्रम कम हो श्री मोदी ने स्वस्थ और पौष्टिक भोजन स्निश्चित करने के लिए खाने में ज्वार बाजरा रागी तथा अन्य अनाज शामिल करने की जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया

लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओ की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कदम उठाए गये है र्तिप्रा सरकार ने लॉकडाउन का उलंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है सरकार ने लोगो से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि यह पवित्र त्यौहार ख़ुशियों के साथ साथ लोगो के जीवन में समृद्धि और सभी के लिए कल्याणकारी हो राज्यपाल ने आपतानी समुदाय के विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओ का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे समाज के विविध और बहुआयामी जनजातीय विशेषताओ का भी प्रतीक है

सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता च्म दारांग और प्रदेश के जाने माने लोकगायक देलोंग पादंग के नेतृत्व में स्थानीय लोगो ने प्राथमिक विद्यालय रायांग के परिसर की सुंदरता को बढ़ाने और हरे भरे वातावरण में बच्चों की शिक्षा के लिए पौधे लगाये सुश्री च्म दारांग और श्री पाद्ंग ने अपने गांव की सुंदरता और स्वच्छ वातावरण के लिए राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से हर साल एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की

अधिकारिक स्त्रों के अनुसार अब तक करीब एक हजार हेक्टेयर भूमि नदी में समाहित हो गई है